प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या चार हजार दो सौ तिहत्तर हुई

स्वस्थ होने की दर बढ़कर सैंतालीस दशमलव चार प्रतिशत हुई

केन्द्र सरकार ने अनाज तिलहन आलू प्याज और दाल को आवश्यक वस्तु अधिनियम के दायरे से बाहर कर दिया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गयी कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने बताया कि इस फैसले से नियामक व्यवस्था उदार होगी और किसानों को उनके उत्पाद का बेहतर मूल्य मिलना सुनिश्चित होगा वहीं एक अन्य फैसले में मंत्रिमंडल ने देश में निवेश आकर्षित करने के लिए मंत्रालयों और विभागों में परियोजना विकास सेल तथा सचिवों का अधिकार प्राप्त दल बनाने को भी मंजूरी दे दी है

यह अधिसूचना पहली जुलाई से लागू होगी इसके अनुसार सूक्ष्म और सेवा इकाईयां अब एक करोड़ रुपये का निवेश और पांच करोड़ रुपये तक के टर्नओवर की होंगी उद्यम मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा है कि छोटी इकाई के मामले में निवेश की सीमा को बढ़ाकर दस करोड़ रुपये और टर्नओवर को पचास करोड़ रुपये कर दिया गया है इसी तरह लघु उद्यमों की निवेश सीमा बढ़ाकर बीस करोड़ रुपये और टर्न ओवर एक सौ करोड़ रुपये तक कर दी गई है मध्यम श्रेणी के उद्यमों के लिए निवेश की सीमा पचास करोड़ रुपये और टर्नओवर के लिए दो सौ पचास करोड़ रुपये की होगी मंत्रालय ने कहा है कि निर्यात को सूक्ष्म लघु या मध्यम श्रेणी के उद्यमों के टर्नओवर में शामिल नहीं किया जाएगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत करीब बयालीस करोड़ गरीब लोगों को तिरपन हजार दो सौ अड़तालीस करोड रूपये की वित्तीय सहायता मिली है हमारे संवाददाता ने बताया है कि योजना के अंतर्गत बीस करोड़ बासठ लाख महिलाओं के जनधन खाते में दूसरी किस्त के रूप में दस हजार तीन सौ तिरपन करोड रूपये डाले गए हैं

पांच लाख छह हजार मीट्रिक टन दालें भी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को मेजी गई है

दिवाकर के साथ अनुपम मिश्र आकाशवाणी समाचार दिल्ली मूख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि कोरोना संकट के समय लोगों को आठ हजार पांच सौ अड़तीस करोड़ रूपये की सहायता प्रदान की गयी आज स्थानीय निकाय के प्रतिनिधियों के साथ वीडियो कांफ्रेंस के जरिये संवाद में मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन की अवधि में राज्य सरकार द्वारा किये गये उपायों की जानकारी दी उन्होंने बताया कि क्वारेंटीन केन्द्र में रह रहे एक व्यक्ति पर पांच हजार तीन सौ रूपये खर्च किये जा रहे हैं

उन्होंने कहा कि विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित कमिटी उद्योग और व्यापार को आसान बनाने के उपाय सुझायेगी श्री कुमार ने बताया कि कोरोना से निपटने के लिये विशेष कोष बनाया गया है जिसमें एक सौ अस्सी करोड़ रूपये जमा कराये गये हैं कोरोना के प्रति जागरूकता पर बल देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी को सचेत और सजग रहने की जरूरत है उन्होंने लोगों से कोरोना के लक्षण मिलने पर तत्काल नजदीकी चिकित्सा केन्द्र जाने और नहीं घबराने की अपील की श्री कुमार ने बुजुर्गों और बच्चों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है वंदे भारत मिशन के तहत आज दो सौ अड़सठ अप्रवासी भारतीय सऊदी अरब के जेद्दाह और मास्को से गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचें इनमें दो सौ चालीस बिहार के और अठाईस झारखंड से हैं झारखंड के यात्रियों को सड़क मार्ग से उनके राज्य भेज दिया गया है वहीं बिहार के लोगों को थर्मल स्क्रीनिंग के बाद सात दिनों के लिए सशुल्क क्वांरटीन के लिए होटल भेजा गया इस बीच मस्कट से आए एक सौ बयालीस व्यक्तियों को क्वारंटीन अवधि प्री होने के बाद अपने घर भेज दिया गया है देश के विभिन्न हिस्सों से प्रवासी श्रमिकों के आने का सिलसिला अब कम हो रहा है आज छह श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों से नौ हजार नौ सौ लोग राज्य के विभिन्न हिस्सों में पहुंच रहे हैं वहीं कल नौ ट्रेनें राज्य के विभिन्न हिस्सों में पहुंचेगी इनमें से पांच ट्रेन तमिलनाडु जबकि केरल और कनार्टक से दो दो ट्रेनें आ रही हैं इनसे लगभग पंद्रह हजार लोग वापस लौट रहे हैं मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पेाखरियाल निशंक ने आज नई दिल्ली में ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा के लिए वैकल्पिक शैक्षणिक कैलेंडर जारी किया इसे मंत्रालय के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने तैयार किया है इसका उद्देश्य कोविड उन्नीस के कारण घर में रहने को मजबूर विद्यार्थियों को अभिभावकों और शिक्षकों की मदद से सार्थक शैक्षिक गतिविधियों में संलग्न करना है श्री निशंक ने कहा कि जिन बच्चों के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है या जो व्हाट्सएप फेसबुक टि्वटर और गूगल जैसे सोशल मीडिया उपकरणों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं उनके लिये ये कैलेंडर मोबाइल फोन या वॉइसकॉल के जरिए उनका तथा उनके अभिभावकों का मार्गदर्शन करने के लिए आध्यापकों को दिशा निर्देश देगा श्री निशंक ने बताया कि इस कैलेंडर से दिव्यांगों सहित सभी बच्चों की जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा इसमें ऑडियो बुक रेडियो प्रोग्राम तथा वीडियो प्रोग्राम के लिए लिंक शामिल होंगे प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के एक सौ सतहत्तर नये मामलों की प्रष्टि के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर चार हजार दो सौ तिहत्तर हो गयी है आज सबसे अधिक खगड़िया से चौरासी मामले सामने आये हैं सीतामढ़ी से चौदह समस्तीपुर से दस दरभंगा से आठ कटिहार और मुजफ्फरपुर से छह छह कैमूर और लखीसराय से पांच पांच अररिया भागलपुर नवादा और सहरसा से चार चार सारण बक्सर तथा शेखपुरा से तीन तीन गोपालगंज पूर्वी चंपारण मधेपुरा पटना और सीवान से दो दो तथा बेगूसराय जमुई किशनगंज और शिवहर से एक एक मामले पॉजिटिव पाये गये हैं इधर राज्य में कोविड उन्नीस से मरने वालों की संख्या बढ़कर छब्बीस हो गयी है नवादा जिले के एक व्यक्ति की मौत के बाद उसकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आयी है नवादा के सिविल सर्जन विमल प्रसाद ने बताया कि यह व्यक्ति हरियाणा से आया था स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि अब तक जो मामले पॉजिटिव आये हैं उसमें तीन हजार एक सौ सैंतीस प्रवासी कामगारों के हैं सबसे अधिक महाराष्ट्र से लौटे सात सौ तैंतीस लोग पॉजिटिव पाये गये वहीं दिल्ली से लौटे सात सौ उनतीस और गुजरात से लौटे चार सौ अस्सी लोग पॉजिटिव पाये गये हैं उन्होंने बताया कि पिछले चौबीस घंटे में दो सौ बाईस मरीजों को उपचार के बाद अस्पतालों से छूट्टी दे दी गयी है स्वस्थ होने वालों की संख्या दो हजार पच्चीस हो गयी है श्री सिंह ने बताया कि स्वस्थ होने वालों मरीजों की दर बढ़कर सैंतालीस दशमलव चार प्रतिशत हो गयी है स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि होम क्वारेंटीन में रह रहे चार लाख आठ हजार व्यक्तियों की स्क्रीनिंग की जा चुकी हैं इसमें एक सौ छियासठ लोगों में सर्दी खांसी ब्रखार या सांस लेने की तकलीफ की शिकायत मिली है इधर देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या दो लाख सात हजार छह सौ पंद्रह हो गई है इनमें से अब तक एक लाख तीन सौ तीन लोग स्वस्थ हो चुके हैं जबकि पांच हजार आठ सौ पंद्रह लोगों की मौत हुई है स्वस्थ होने की दर बढ़कर अड़तालीस दशमलव तीन एक प्रतिशत हो गयी है वहीं मृत्यु दर घटकर दो दशमलव आठ शून्य प्रतिशत हो गयी है नई दिल्ली के डॉ राममनोहर लोहिया अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर ए के वार्ष्णेय ने कहा है कि कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर लगातार बढ़ रही है उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों और अन्य बीमारियों से जूझ रहे लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी है

तो इसीलिए देर सवेर देखिये सत्तानवें परसेंट पेशेंट बिलकुल ठीक हो जाएंगे जानी मानी फिल्म अभिनेत्री विद्या बालन ने लोगों से घर में रहने की अपील की है और कहा कि स्वयं घर में रहकर लोगों को सुरक्षित रखने में आप योगदान दे सकते हैं साउंड बाईट ये बेशक हम सबके लिए एक बहुत ही कठिन और मुश्किल समय है और ये हिन्दुस्तानियों की खासियत है कि कोई मुश्किल आती है तो हम सब साथ खड़े रहते हैं पर इस वक्त साथ खड़े रहने का मतलब है कि हम सब एक दूसरे से दूरी बनाए रखें घर पर रहे अपना ख्याल रखें स्वास्थ्य मंत्रालय ने उन खबरों को गलत बताया है जिसमें कहा गया है कि लगातार पचास से साठ दिनों तक अल्कोहल युक्त हैंड सेनेटाईजर के इस्तेमाल से त्वचा रोग और कैंसर हो सकता है पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी ने एक ट्वीट में कहा है कि यह सूचना गलत है पीआईबी ने बताया है कि सेनेटाईजर का इस्तेमाल मनुष्य के लिये किसी भी प्रकार से हानिकारक नहीं है कोरोना संक्रमण से बचने के लिये सत्तर प्रतिशत अल्कोहल वाले सेनेटाईजर के उपयोग की सलाह दी जाती है खगड़िया में कोविड उन्नीस के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिले में कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़ाकर सात कर दी गयी है लॉकडाउन के कारण दरभंगा में फंसे नेपाल के नौ नागरिकों को रक्सौल से विशेष वाहन से उनके देश वापस भेजा गया गया जिले में कोविड उन्नीस के प्रति जागरूकता को लेकर जिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने चार विशेष जागरूकता वाहन को रवाना किया रोहतास जिले में राज्य सरकार द्वारा संचालित सभी क्वारेंटीन केन्द्रों को बंद कर दिया गया है इन कोन्द्रों में रह रहे लोगों की चौदह दिन की क्वारेंटीन की अवधि पूरी होने और नये लोगों के नहीं आने को देखते हुए यह फैसला किया गया बक्सर जिले में आम लोगों को मास्क पहनने के लिये प्रेरित करने के उददेश्य से जिला प्रशासन द्वारा रोको टोको अभियान की शुरूआत की गयी है शेखपुरा जिले में दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत मास्क निर्माण केन्द्र की शुरूआत हुई है इस केन्द्र में स्थानीय महिलाओं द्वारा मास्क का निर्माण शुरू कर दिया गया है दरभंगा से लोकमान्य टर्मिनल मुंबई के बीच चलने वाली पवन एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन आज से शुरू हो गया है प्रख्यात समाजवादी नेता और पूर्व केन्द्रीय मंत्री जार्ज फर्नांडीस को आज उनकी जयंती पर श्रद्धापूर्वक याद किया गया इस अवसर पर मुजफ्फरपुर में आयोजित मुख्य राजकीय समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जार्ज फर्नांडीस की आदमकद प्रतिमा का लोकार्पण किया पटना के नेक संवाद भवन में इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी समेत राज्य मंत्रिमंडल के कई सदस्य उपस्थित थे इधर हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि समाजवादी नेता की जयंती पर उन्हें श्रद्वापूर्वक याद किया गया चक्रवाती तूफान निसर्ग के प्रभाव से प्रदेश में कल से छह जून तक तेज हवा के साथ बारिश की संभावना बनी हुई है मौसम विभाग केन्द्र पटना के अनुसार प्रदेश के उत्तर पूर्व और पश्चिमी हिस्सों में तूफान के साथ बारिश हो सकती है सबसे अधिक अरवल जहानाबाद सीवान छपरा बक्सर भोजपुर सीतामढ़ी और शिवहर जिले प्रभावित होंगे

प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या चार हजार दो सौ तिहत्तर हुई

स्वस्थ होने की दर बढ़कर सैंतालीस दशमलव चार प्रतिशत हुई